किसानों को जागरूक करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक प्रदेश में मना रहा है वित्तीय साक्षरता सप्ताह

सोलन जिले के एक दर्जन से अधिक जंगलों में आग लगने से लाखों की वन सम्पदा नष्ट मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार स्वास्थ्य संस्थानों को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है

मुख्यमंत्री ने कहा कि कॉलेज में हैप्टोलॉजी और गैसट्रैंटोलॉजी के दो विभाग जल्द ही स्थापित किए जाएंगे उन्होंने कहा कि कॉलेज में सभी आध्रनिक सुविधाएं मुहैया करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि इसे देश के प्रमुख मैडिकल कॉलेजों में शामिल किया जा सके जयराम ठाक्र ने कहा कि मैडिकल विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए मंडी के नेरचौक में मैडिकल विश्वविद्यालय बनाया जाएगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का डेढ वर्ष का कार्यकाल उपलब्धियों भरा रहा है और इस दौरान प्रत्येक क्षेत्र में विकास सुनिश्चित हुआ है जयराम ठाकर ने युवाओं में बढ़ रही नशे की प्रवृति पर चिंता जाहिर की और कॉलेज के विद्यार्थियों द्वारा मादक द्वव्यों के सेवन के दुष्परिणामों पर प्रस्तुत नाटक की सराहना भी की इससे पहले पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि उचित समय पर ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार और नवनिर्वाचित सांसद किशन कपूर भी मौजूद रहे आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक आज से प्रदेश में वित्तीय साक्षरता सप्ताह मना रहा है आरबीआई शिमला के महाप्रबंधक केसी आनंद ने आज शिमला में पत्रकार वार्ता में कहा कि इस वर्ष साक्षरता सप्ताह का विषय है जानकार किसान समृद्ध किसान उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान किसानों को क्रेडिट स्कोर और कृषक ऋण को लेकर जागरूक किया जाएगा केसी आनंद ने कहा कि वित्तीय साक्षरता संदेशों के प्रसार के लिए पोस्टर व पत्रक को सभी ग्रामीण बैंकों की शाखाओं वित्तीय साक्षरता केन्द्रों एटीएम और वैबसाइटों पर प्रदर्शित किया जाएगा

उधर बिलासपुर जिले के छडोल और सवारघाट में यूको बैंक के प्रबंधक केकेजसवाल ने लोगों को कृषक ऋण संबंधी जानकारी दी उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक किसानों के लिए आवश्यक जागरूकता संदेशों को प्रसारित करने के लिए दूरदर्शन और आकाशवाणी पर जून माह में एक जन संचार अभियान भी चलाएगा पदभार रविशंकर प्रसाद ने आज कानून और न्याय मंत्री का पदभार संभाला बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि न्याय वितरण में कानूनी पहुंच कानूनी सहायता और बुनियादी ढांचा तीन महत्वपूर्ण तत्व हैं रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उनका मंत्रालय प्रोद्योगिकी की मदद से कानूनी पहुंच को अधिक प्रभावी बनाने की कोशिश करेगा वहीं केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आज महिला और बाल विकास मंत्री अर्जुन मुंडा ने जनजातीय मामलों के मंत्री और रेणुका सिंह ने जनजातीय मामलों के राज्यमंत्री के रूप में पदभार संभाला इस बीच राव इन्द्रजीत सिंह ने केन्द्रीय योजना राज्य मंत्री का कार्यभार संभाल लिया है उनके पास मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार रहेगा

उन्होंने यह भी बताया कि समग्र प्रगति और सर्वांगीण विकास पर खास ध्यान दिया जायेगा भेंट लोकसभा के नवनिर्वाचित सांसद सुरेश कश्यप विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती सहित नाहन रेणुका जी पच्छाद पावंटा साहिब शिलाई और ठियोग के भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मुलाकात की इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि देशभर के भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं के प्रयासों से लोकसभा चुनाव में भाजपा ने भारी बहुमत हासिल किया है उन्होंने चुनाव में अपना समर्थन दिखाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से आए प्रतिनिधिमंडल का आभार जताया सुरेश कश्यप ने प्रदेश में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के लिए मुख्यमंत्री को बधाई दी इस बीच सुरेश कश्यप ने आज शिमला स्थित राजभवन में राज्यपाल आचार्य देवव्रत से भी भेंट की

महेन्द्र सिंह सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार सभी गांवों को सड़कों से जोड़ने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है वे आज मंडी जिले के धर्मपुर में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो भी कार्य शुरू किए गए हैं उन्हें तत्परता से पूरा करें और नए कार्यों की डीपीआर बनाकर शीघ्र प्रस्तुत करें ताकि हर गांव को सड़क नेटवर्क से जोड़ा जा सके महेन्द्र सिंह ठाकुर ने साफ किया कि इस बावत किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी ग्रीष्मोत्सव शिमला का अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्मोत्सव आज से ऐतिहासिक रिज मैदान पर शुरू हुआ चार दिन तक चलने वाले गीष्मोत्सव के दौरान स्टार कलाकारों सहित स्कूली बच्चे और विभिन्न सांस्कृतिक दल अपनी प्रस्तृति से लोगों का मनोरंजन करेंगे इसके अलावा पड़ोसी राज्यों के कलाकार अपने अपने राज्यों की पारम्परिक कला का भी प्रदर्शन करेंगे

सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव निशा सिंह ने कहा कि केन्द्र व प्रदेश सरकार द्वारा कन्याओं के लिए अनेक महत्वकांक्षी कार्यक्रम व योजनाएं लागू की जा रही हैं उन्होंने कहा कि महानाटी के माध्यम से महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया ग्रीष्मोत्सव की पहली सांस्कृतिक संध्या में राज्यपाल आचार्य देवव्रत बतौर मुख्यातिथि शिरकत कर रहे हैं

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अक्षय सूद ने बताया कि टीम के सदस्यों ने नग्गर विकास खंड के कई शिक्षण संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए आग प्रदेश में गर्मी के मौसम में तापमान बढ़ने के साथ ही जंगलों में आग लगने की घटनाएं सामने आ रहीं हैं सोलन से हमारे प्रतिनिधि ने बताया है कि जिले के एक दर्जन से अधिक जंगलों में आग लगने से लाखों की वन सम्पदा नष्ट हो रही है और पशु पक्षी भी आग की भेंट चढ़ रहे हैं जिले के देवठी धर्मपुर परवाण कंडाघाट शिल्ली और ओच्छघाट सहित विभिन्न स्थानों पर लोगों को आग के धूएं और गर्मी से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है

सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल ने इस संबंध में आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों से आग्रह किया कि इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में विद्यार्थियों को भाग लेने के लिए प्रेरित करें सहजल ने कहा कि योग प्राचीन समय से ही मानव जीवन का अभिन्न अंग रहा है और वर्तमान में इसकी उपयोगिता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है